उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए राजस्थान पूरी तरह सजग और तैयार है उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के समय आमजन भी घर से बाहर न निकलकर सरकार का पुरा सहयोग करें

इनमें से तीन को इलाज के बाद छट्टी दे दी गई है कल तीन और व्यक्ति भीलवाड़ा झंझनू और जोधपुर में जांच में इस वायरस से प्रभावित पाये गये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वह लोगों को घर पर ही बने रहने के लिए संदेश देने का अभियान चलाए उन्होंने आज विभिन्न संचार माध्यमों के प्रमुखों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा कि इससे लोग मामले की गंभीरता को समझेंगे और लॉकडाउन को गंभीरता से लेंगे प्रधानमंत्री ने मीडियाकर्मियों से भी सभी तरह की सावधानी बरतने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी संचार माध्यमों के प्रमुखों से चर्चा की उन्होंने कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक बनाने में मीडिया की भुमिका पर चर्चा की

इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने टवीट कर लोगों से लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने के लिए कहा ताकि वे स्वयं और उनके परिजन स्वस्थ रहें

राज्यपाल की पहल पर राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपना एक दिन का वेतन कोरोना वायरस से बचाव के लिए देने का निर्णय लिया है

उन्होंने विधायक कोष से भी मास्क और सैनिटाइजर को निशुल्क वितरण के लिए एक लाख रूपए की मंजूरी जारी की है

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने एक बयान जारी कर कहा कि विपदा के समय कुछ शरारती तत्व अराजकता फैलाना चाह रहे हैं उन्होंने सभी से इस तरह की अफवाहों से बचने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव लोगों की अधिकारिक जानकारी देने के लिए केवल स्वास्थ्य मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य ही अधिकृत हैं